गौरतलब है कि प्रोटेम स्पीकर का दायित्व वरिष्ठ सांसद को सौंपा जाता है

इस दौरान सरकार बजट भी पेश करेगी बजट बैठक संसद में बजट पेश करने से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के सिलसिले में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बार बजट पूर्व विचार विमर्श किया बैठक में श्रीमती सीतारमन कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करने और किसानों की आमदनी दगुनी करने के बारे में विभिन्न कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के विचार जाने वित्तमंत्री बाद में औद्योगिक संगठनों और व्यापारिक एसोसिएशनों से भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर राय मश्विरा करेंगी श्रीमती सीतारमन अगले महीने की पांच तारीख को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी जनजाति नियुक्ति राज्य सरकार ने प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया बैगा और भारिया के लिये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये विशेष प्रावधान का पालन कराने के निर्देश दिये हैं इसमें योग्यता होने पर सीधी भर्ती भी शामिल है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है विशेष उपबंध के अन्तर्गत श्योपुर मुरैना दतिया ग्वालियर भिण्ड शिवपुरी गुना और अशोकनगर जिले में निवासरत सहरिया आदिम जनजाति को संविदा शाला शिक्षक और वन रक्षक ततीयचतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करने पर उस पद के लिये न्यूनतम योग्यता रखने पर उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उस पद पर नियुक्त किया जायेगा

श्री कमलनाथ आज भोपाल में लोक निर्माण विभाग और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ पर्यावरण सुधार के लिये व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण भी होना चाहिये उन्होंने इसके लिये सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट में ही वृक्षारोपण का प्रावधान करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के दोनों और पौधारोपण हो यह सुनिश्चित होना चाहिये इसके अलावा श्री कमलनाथ ने यह भी निर्देश दिये कि शहरों के आसपास बड़े पैमाने पर रिंगरोड़ और बायपास सड़कों को बनाया जाए साथ ही मास्टर प्लान में इसे शामिल करें जिससे शहरों का विस्तार हो सके और आवागमन भी सुगम हो

उसके बाद से ही सेना नौसेना वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने विमान का पता लगाने के लिये व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया था लेकिन खराब मौसम और घने जंगल के कारण अभियान प्रभावित रहा विमान में सवार लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं

संभागायुक्त जयश्री कियावत ने भोपाल में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों में ज्ञान कौशल और उनकी टीचिंग स्कील की परीक्षा ली जाएगी उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिये विभागीय समिति पेपर तैयार करेगी यह प्रश्नपत्र पिछले पांच सालों में हुई परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों जैसे ही होंगे इनके जरिए शिक्षकों की योग्यता को परखा जाएगा परीक्षा का नियंत्रण संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक करेंगे विभाग द्वारा तय किये गये प्रारूप के अनुसार परीक्षा में शिक्षकों को फेल नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हें ग्रेड दिया जाएगा इसी के आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी दस्तक अभियान पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की पहचान कर त्वरित प्रबंधन को लेकर चलाये जा रहे दस्तक अभियान के तहत प्रदेशभर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों में कुपोषण की पहचान करने में जुटे हुए हैं आगरमालवा जिले में भी कल से इसकी शुरूआत हुई स्वास्थ्य महिला और बालविकास विभाग के संयुक्त दल द्वारा एएनएम आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दस्तक दी जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान बच्चों की जन्मजात विकृति की पहचान कर उसका उपचार गर्भवती माताओं को स्तनपान संबंधी भ्रांतियों का निराकरण किया जा रहा है

अन्य जिलों से भी दस्तक अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों की जानकारी मिली है आरोपी गिरफ़तार भोपाल के कमला नगर थाना पुलिस ने आज दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी विष्णु को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पेश किया जहां से उसे कल तक के लिए जेल भेज दिया गया है

रविवार सुबह उसका शव उसके घर से कुछ दूर स्थित एक नाले से बरामद हुआ था बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी आरोपी को पुलिस ने कल खंडवा जिले के मोरटक्का बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था

अधिकांश क्षेत्रों में पारे के लगातार बढ़ने से लोग परेशान हैं

जिससे जिले में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वहीं राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू भी चल रही है

वहीं बुरहानपुर में ताप्ती नदी भीषण गर्मी के चलते सुख गई है

उन्होंने कहा कि चूंकि यह सरकार बिजली कटौती से पीड़ित जनता की चीख पुकार नहीं सुन पा रही है इसलिए चिमनी यात्रा के साथ पार्टी ढोल नगाड़े लेकर भी चलेगे श्री सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हालात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जहां सरकार पानी और बिजली जैसी समस्याओं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाए कभी अधिकारियों को कोसती है तो कभी बिजली उपकरणों की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है